प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत से अधिक हुई

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलीविजन पर दिये संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग लिंग धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतर से ऊपर है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारे श्वसनतंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग भी योग का लाभ उठा रहे हैं साउंड बाईट कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इम्युनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है

हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम को स्ट्रॉग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पापुलर भी है ये प्रभावी भी हैं योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम और इम्युनिटी सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्वीट संदेश कर बधाई देते हये कहा कि योग विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है श्री कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद मिलती है राष्ट्रपति ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग अपना रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने योग को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिये महत्वपूर्ण बताया है उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्वभर में मिल रहा भारी समर्थन प्रसन्नता का विषय है भारत एक सकारात्मक उद्देश्य से पूरे विश्व को एकजुट करने में सफल रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क तथा कार्य और विचारों के बीच संतुलन बनाये रखने का भी माध्यम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से योग को वैश्विक मान्यता मिली है उन्होंने कहा कि योग समूची मानवता के लिए भारतीय संस्कृति की अद्भुत भेंट है श्री शाह ने लोगों से अपील की कि योग को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घर पर योग किया और लोगों से परिवार के साथ घर पर योग करने का अपील की है

योगा घर में करो फैमिली के साथ करो और इसी तरह सभी परिवार एक साथ आज योगा कर रहे हैं योगा से शरीर मन बहुत अच्छा रहता है और इसलिए योगा का सबको प्रेक्टिस करनी चाहिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस व्यापक जन स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है श्री नाइक ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस स्वास्थ्य आपातकाल के बीच मनाया जा रहा है इसलिए आयुष मंत्रालय पिछले तीन महीने से विभिन्न ऑनलाइन और हाइब्रिड ऑनलाइन पहल के जरिए घर में ही योगाभ्यास करने को प्रोत्साहन दे रहा है साउंड बाईट आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता शुरू की है भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीन मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा इधर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घर पर ही योगाभ्यास किया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना स्थित अपने अपने आवास पर योग किया वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने अपने आवास पर योग किया विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के साथ ही घरों पर भी लोगों ने योग किया मुजफ्फरपुर वैशाली और सीतामढ़ी जिले में एनसीसी के कैडेटों ने अपने अपने घरों में योगाभ्यास किया कोरोना संकट से लड़ने में योग के महत्व को बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना काल में योग का महत्व और बढ़ गया है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्र और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा हमला करता है और इसका मुकाबला प्राणायाम से किया जा सकता है श्री जायसवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जाने पर प्राणायाम न केवल श्वास लेने की प्रणाली को मजबूत करता है बल्कि अन्य आंतरिक विकार भी दूर होते हैं वर्ष दो हजार बीस का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर रविवार दोपहर बाद समाप्त हो गया इसे भारत समेत द्रनिया के कई देशों में देखा गया भारत के उत्तरी हिस्सों में रविवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे से वलयाकार सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना शुरू हुई थी इस दौरान आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया इससे पहले वलयाकार ग्रहण छब्बीस दिसंबर दो हजार उन्नीस को दक्षिण भारत में देखा गया था अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में इक्कीस मई दो हजार इकतीस को होगा राजधानी पटना सहित प्रदेशवासी भी आज दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के साक्षी बने राज्य के अधिकांश भागों में आंशिक सूर्यग्रहण देखा गया पटना सहित प्रदेश के कई भागों में लोगों ने विशेष चश्मे और कार्ड शीट की मदद से सूर्यग्रहण का अदभूत नजाना देखा सूर्यग्रहण के बाद अरवल बक्सर और नवादा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्रद्धालुओं ने नदी जलाशयों में पवित्र स्नान कर पूजा पाठ किया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो सौ बाईस नए मामलों की पुष्टि हुयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकडों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सात हजार छह सौ दो हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ चौंसठ मरीज स्वस्थ हुए हैं इसे मिलाकर अब तक पांच हजार छह सौ इकतीस मरीज ठीक हो कर घर लौट गए हैं कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर सत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है एक हजार नौ सौ उन्नीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है कोरोना से अब तक प्रदेश में इकयावन लोगों की मौत हुई है इधर देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर पचपन प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक दो लाख सत्ताईस हजार सात सौ छप्पन लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान पंद्रह हजार चार सौ तेरह लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया देश में महामारी फैलने के बाद से यह एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है कुल संक्रमितों की संख्या चार लाख दस हजार चार सौ इकसठ हो गई है पिछले चौबीस घंटे में तीन सौ छह लोगों की इस महामारी से मौत हुई मरने वालों की कुल संख्या तेरह हजार दो सौ चौवन हो गई है देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है पिछले चौबीस घंटे में एक लाख नब्बे हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई अब तक अडसठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी हैं मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर सात सौ बाईस कर दी गई है जबकि दो सौ उनसठ निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना की जांच की जा रही हैं प्रदेश में एक जून से लागू लॉकडाउन के पांचवे और अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक छप्पन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि पच्चीस प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं इधर अब तक सत्रह हजार चार सौ बत्तीस वाहन जब्त किये गये हैं इसके साथ ही चार करोड़ पैंतीस लाख रुपये से अधिक की राशि जूर्माने के रूप में वसूली गई है कोविड उन्नीस की रोकथाम के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण है नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने आकाशवाणी को नई दवाओं के बारे में जानकारी दी

हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है पूरे विश्वभर में इस मामले में रिसर्च बहत जोरों से चल रही है जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए हैं उनकी बेसिस में दो दवाईयों को एप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में एविलेवल होगी नई दिल्ली में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर मे स्वयं को आइसोलेट करना और सुरिक्षत दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए

तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए वो इस तरह के रूम में आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा बिहार जन संवाद के तहत आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्चुअल रैली को संबोधित किया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के कुम्हरार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किशनगंज और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया इधर सोलहवीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के शहीद अमन कुमार सिंह के नाम से समस्तीपुर जिले के मोहीउद्दीननगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में पीसीसी सड़क बनायी जायेगी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इसके लिये ग्यारह लाख रूपये की अनुशंसा की गयी है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिन्दी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छ्क छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिये अभ्यास कर सकते हैं पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वजपात की संभावना व्यक्त की गयी है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान जहानाबाद डेहरी मखदुमपुर हुसैनगंज इस्लामपुर खगड़िया टेकारी और सिसवन में चार से आठ सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मॉनसूनी बारिश से प्रदेश के अधिकांश भागों में किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है इधर लगातार हो रही वर्षा से प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है बागमती महानंदा और ब्रूढ़ी गंडक नदी सहित प्रदेश के कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गयी है जिला प्रशासन की ओर से इन नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है नालंदा जिले के सोहसराय थाना के सत्रह नंबर मोड़ के पास सडक दुर्घटना में तीन कामगारों की मौत हो गयी जबकि दो मजदूर जख्मी हो गये किशनगंज जिले के बहाद्रगंज थाना क्षेत्र के एलआरपी चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से दस हजार बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बहत्तर प्रतिशत से अधिक हुई